प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इस वर्ष पहली नवम्बर तक दस लाख करोड़ रूपये के ऋण मंजूर किये गये हरियाणा सरकार ने कारोबार या लघ् उद्योग स्थापित करने के लिए प्रदेश की विधवाओं को सबसिडी पर ऋण देने की योजना शुरू की अंर्तराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में भ्रष्टाचार विरोधी प्रकोष्ठ बनाया जायेगा अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने पानीपत फिल्म पर प्रतिबंध लगाये जाने की मांग की केन्द्र सरकार ने कहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ाने बारे कोई निर्देश जारी नहीं किये है

मंत्री ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ारे विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने फीस माफी जैसी कुछ प्रावधान किये हये है श्री निशंक ने बताया कि विद्यालक्ष्मी योजना के तहत समूची टयूशन फीस के लिए मुक्त ऋण की सुविधा दी जा रही है

कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस और डी एम के पार्टी के सदस्यों ने सदन में विधेयक पेश किये जाने विरोध करते हये इसे प्रतिगामी विधेयक बताया

उन्होंने आशा व्यकत की कि विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो जायेगा केन्द्र सरकार ने आज कहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इस वर्ष पहली नवम्बर तक दस लाख करोड़ रूपये के ऋण मंजूर किये गये है

हरियाणा सरकार ने विधवाओं के लिए ऋण पर सबसिडी देने की योजना श्रू की है

इस योजना का लाभ ले सकती है

ऋण लेने वाली महिलाओं को कारोबार या लघ् उद्योग स्थापित करने के लिए लघ् अवधि का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जायेगा हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का पूनः नामकरण किया है अब इसे हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की बजाय हरियाणा राज्य विज्ञान नवाचार एवं प्रौद्योगिकी परिषद के नाम से जाना जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी कर दी है जन नायक जनता पार्टी ने आज सिरसा में अपने प्रथम स्थापना दिवस के मौके पर बुलाई गई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक मे दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने पर विचार विमर्श किया

बैठक में इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला पार्टी प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह महिला प्रदेश शीला भ्याना व अन्य कई पदाधिकारी भी शामिल हये

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में एक भ्रष्टाचार विरोधी प्रकोष्ठ बनाया जायेगा मुख्यमंत्री आज पंचकूला में अंतर्राष्ट्रीय भष्ट्राचार विरोधी दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के बाद मीडिया से बात कर रहे थे मुख्ययंत्री ने कहा कि गत पांच वर्षो में भष्टाचार को समाप्त् करने के लिए कई अहम फैसले के लिये गये और विशाल पहंच अपनाते हये समस्याओं का स्थाई समाधान किया गया इस मौके पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता और विजिलेंस विभाग के महानिदेशक के पी सिह व प्रलिस महानिदेशक मनोज यादव भी उपस्थित थे कार्यक्रम में भ्रष्ठाचार विरोधी शपथ दिलाई गई और मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार विरोधी एक साइकिल रैली को भी रवाना किया मुख्यमंत्री ने मीडिया को बतया कि भ्रष्टाचार की शिकायते दर्ज कराने के लिये और वीडियो डालने के लिए एक वाट्सएप्प नंवबर भी जारी किया गया है सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों भी पदोन्नति पर मुख्यमंत्र ने कहा कि अब पदोन्नति के लिए गोपनीय रिपोर्ट के साथ साथ लिखित परीक्षा लेने पर भी विचार किया जा रहा है और ये फैसला नीचे लेकर ऊपर तक के अधिकारियों पर लागू होगा अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने पानीपत फिल्म पर प्रतिंबंध लगाये जाने की मांग की है समिति की आज रोहतक जिले के जसिया में हई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने फिल्म निर्माता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस फिल्म में महाराजा सूरजमल की छवि को घूमिल किया गया है और उनके चरित्र को नीचा दिखाने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है जिसको लेकर जाट समाज में रोष है उन्होंने कहा कि समिति ने तय किया है कि आज से सभी जिलों में उपायुक्त एवं पुलिस प्रमुख के माध्य से फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए के लिए ज्ञापन भेजे जायेंगे लोकसभा ने शस्त्र संशोधन विधेयक पारित कर दिया है इस विधेयक में प्रतिव्यक्ति लाइसेंसशुद्दा शस्त्रों की संख्या कम करने और कानून की ज्र्माने की राशि में वृद्वि का प्रावधान है विधेयक पर हई उल्लंघना पर चर्चा का जवाब देते हये गृहमंत्री अमित शाह ने इन आरोपों की खारिज कर दिया कि यह राज्यों की शक्तियों कोकम करने का प्रयास है उन्होंने कहा कि आग्नेय शस्त्र केन्द्रीय सूची मे है और राज्य सरकारो का गोला बारूद्व सम्बधी ज्यादा अधिकार नहीं है

इसके अलावा इन संस्थानों द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क से भी प्रमाण पत्र लेने की दिशा में ठोस प्रयास किये जा रहे है चंडीगढ़ में शिक्षा ने आज यह जानकारी देते हये बताया कि विभाग ने प्रयास नामक एक पोर्टल भी लांख् किया है जो शैक्षिक संस्थानों की कमियों की पहचान करके उन्हें दूर करने में मदद करेगा शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रयास पोर्टल की ग्रेडिंग में नौ सरकारी महाविद्यालयों को ए प्लस ग्रेड चौबीस महाविद्यालयों को ए तथा तीन को बी प्लस ग्रेड दिया गया है भारत के सभी राजयों और केन्द्र शासित प्रदेशों के ग्रमीण इलाके खले में शौच की कुप्रथा से मुक्त हो गये है जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उतर मे ये जानकारी देते हये बताया कि सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के शहरी इलाके खुले में शौच से मुक्त घोषित किये जा चुके है मंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के के तहत घरों में दस करोड़ से अधिक तथा स्वच्छ भारत मिश्न शहरी के तहत साठ लाख से अधिक घरेलू शौचालय बनाये गये है करनाल शहर खूले में शौच से मुक्त हो गया है नगर निगम करनाल के उप आयुक्त धीरज कुमार ने इस उपलब्धि के लिए तमाम नगर वासियों को बधाई दी और कहा कि ओडीएफ मुक्त रहना मात्रसरकारी प्रयासों का हिस्सा नहीं है यह किसी भी शहर में रहने वाले लोगों के लिए शान की बात है और इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर की साफ सफाई को लेकर लोग कितने जागरूक हैं

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इसके लिए ट्रायल पंचकूला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में होंगे ट्रायल में भाग लेने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को अपने विभाग का पहचान पत्रलाना अनिवार्य होगा